प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि न्यायपालिका के सामने शीघ्र न्याय की बड़ी चुनौती है प्रौद्यौगिकी के इस्तेमाल से शीघ्र न्याय देना आसान हो सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित पूरी दुनिया के लिए यह बदलाव का दशक है यह बदलाव सामाजिक आर्थिक समेत हर मोर्चे पर होंगे ये बदलाव तर्कसंगत तथा न्यायसंगत होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर प्रागाढ़ आस्था है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा शिक्षा पानी बिजली सड़क और अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने राज्यभर से आए फरियादियों से मिलने के बाद उनकी समस्या के समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देष दिया खूंटी जिले में अफीम की अवैध खेती नष्ट करने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है पुलिस ने हमारी संवाददाता को जानकारी दी है कि पिछले चार दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब अठहत्तर एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को नष्ट की गयी जिला पुलिस अधीक्षक आश्तोष शेखर के निर्देश पर अभियान लगातार जारी रहेगा हमारी संवादाता ने जानकारी दी है कि खूंटी जिले के अलावा जिले से सटे तमाड़ और बुंडू में भी बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है इधर रामगढ़ संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिला पुलिस ने पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाकर तीन एकड़ भूमि में हो रही अर्फीम की खेती को नष्ट कर दिया है अफीम की अवैध खेती जिले के बरलंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत तथा बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम बंगाल से सटे सीमावर्ती जगहों पर की जा रही थी पुलिस टीम द्वारा छापामारी अभियान जारी रहेगा केन्द्रीय मंत्रिमंडलीय सचिव राजीव गौबा ने आज देश में नोवेल कॉरोना वायरस के प्रकोप की रोकथाम के लिए की गयी कार्रवाई और इस संबंध में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की विस्तृत समीक्षा के बाद अब पिछले स्वास्थ्य परामर्शों के तहत की जा रही जांच के अलावा काठमांड इंडोनेशिया वियतनाम और मलेशिया से आने वाली उड़ानों के सभी यात्रियों की जांच की जा रही है पहले से जारी यात्रा परामर्शो पर अमल के साथ साथ नागरिकों को सलाह दी गयी है कि अगर बहत जरूरी न हो वे सिंगापुर की यात्रा न करें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यकम का आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रार्देशिक भाषाओं में प्रसारण होगा

झारखंड के गढ़वा से सटे उत्तर प्रदेष के सोनभद्र जिले के दुद्दी प्रखंड स्थित कनहर नदी के किनारे सोने का भंडार मिला है विशेषज्ञों का अनुमान है कि वहां शिव पहाड़ी में तीन हजार टन सोना है सोनभद्र के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भूतत्व विभाग ने इन पहाड़ियों में दो जगह सोने के भंडार का पता लगाया है उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस सोने को निकालने का काम शुरू होगा सोना खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया से पूर्व जिओ टैगिंग का काम शुरू कर दिया गया है जिसके लिए सात सदस्यीय टीम का गठन किया गया है

टीम ने आठ साल पहले ही जमीन के अंदर सोना होने की पुष्टि कर दी थी इधर सरकार ने इस भंडार के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है फिट इंडिया रेन ओ थन का आयोजन कल सुबह पांच बजे से राजधानी के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में किया जाएगा खेलकूद एवं युवा कार्य निदेषालय झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएषन और राउंड टेबल इंडिया के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों के अलावा आम लोगों ने भी पंजीयन करवाया है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में पांच किलोमीटर दस किलोमीटर और इक्कीस किलोमीटर की प्रतिस्पद्धा आयोजित की गई है ताजा जानकारी मिलने तक इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं गुमला जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रषासन ने विद्यार्थियों को नई सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की है इसके लिए ट्विनटेक इंजिनियरिंग और ओडिशा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है इस संबंध में गुमला पॉलिटेक्निक के निदेशक अभिजीत कृमार ने हमारे संवाददाता को बताया कि इस समझौते के बाद विद्यार्थियों को नियमित डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ नयी तकनीक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा संक्षिप्त खबरें राज्य के सभी सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेष परीक्षा में दिव्यांगों को परीक्षा शुल्क नहीं चुकाना होगा झारखंड संयुक्त प्रवेष प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्य में मार्च महीने के अंत तक चौतीस और अटल क्लिनिक खोले जाएंगे

झारखंड अधिविध परिषद जैक की ओर से आकांक्षा चालीस प्रवेष परीक्षा एक मार्च को ली जाएगी इस परीक्षा के लिए पूरे राज्य में पचपन केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा में लगभग पंद्रह हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे